उन्होंने कहा हाल में संविधान में संशोधन करके गरीब बच्चों को विशेष सुविधायें उपलब्ध कराना महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति मजबूती से वचनबद्द सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चौनलों की विज्ञापन दरों को ग्यारह प्रतिशत बढ़ाने का किया फैसला देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है सत्तरवां गणतंत्र दिवस

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोर देकर कहा है कि भारत सभी समूहों समूदायों धर्मों पहचानों और व्यक्तियों का है क्योंकि बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत और विश्व के लिए उदाहरण है उन्होंने कहा कि भारतीय मॉडल विक्विता लोकतंत्र और विकास पर आधारित है और देश किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दे सकता है देश के सत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा सबको साथ लेकर चलने की समावेशी भावना भारत के विकास का मूल मंत्र है विकास के अवसर समी को समान रूप से मिलें इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी डायवर्सिटी डेमोक्रेसी और डेवलप्पेन्ट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हाल में किये गये संवैधानिक संशोधन को महात्मा गांधी और लोगों के सपनों के भारत की ओर बढ़ने का एक कदम बताया गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिये कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महप्रस करेंगे कि यह देश उनका है इस संदर्भ में इसी माह संविधान संशोधन के द्वारा गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार के विशेष अवसर उपब्ध कराए गए हैं अगले आम चुनाव के महत्व पर राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रयोग नहीं है बल्कि समझदारी और कर्म के लिए सामूहिक आह्वान है यह साझा और समतावादी समाज के लक्ष्य और आशा के लिए प्रतिबद्वता प्रकट करता है उन्होंने कहा कि भारत उस महत्वपूर्ण मार्ग पर है जहां आज के निर्णय तथा कार्य इक्कसवीं शतादी के शेष भाग के भारत का स्वरूप तैयार करेगा उन्होंने कहा कि चुनाव भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा विकसित देश के निर्माण की ओर बढ़ने के मार्ग की ताकत है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पहली बार घोर गरीबी को समाप्त करने की दहलीज पर है किफायती औषधी तथा चिकित्सा उपकरण अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच रहे हैं यह समय हमारे देशवासियों की आकाक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आज हम अपने सतत प्रयासों से गरीबी का अंत करने के निर्णायक दौर में हैं देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास पीनी के पानी बिजली और टॉयलेट की सुविधा मिल रही है राष्ट्रपति ने कहा कि बंदरगाह और अंतरदेशीय जलमार्ग रेल सेवा का विस्तार और मेट्रो सेवाएं राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण सड़कें तथा किफायती हवाई सेवा लोगों के लिये पहले की अपेक्षा अधिक उपलब्ध हैं राष्ट्रपति ने कहा कि युवा महिलाएं शिक्षा सुजनात्मक कला खेल तथा सशस्त्र बल जैसे समी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्तियों समूहों संस्थानों और समाज के ईमानदार योगदान को मान्यता मिलनी चाहिए और उसकी सराहना होनी चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय गणतंत्र की संकल्पना लोकतांत्रिक तरीकों द्वारा लोकतांत्रिक लक्ष्यों बहुलवाद के तरीकों द्वारा बहुलवाद की धारणा समावेशी तंत्र द्वारा समावेशी लक्ष्य तथा संवैघानिक सांधनों द्वारा संवैघानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है

दिल्ली में भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में लगातार वृद्वि हो रही है उन्होंने कहा कि दो हजार सत्रह अट्ठारह में दस अरब डॉलर को पार कर गया और इससे बीस हजार स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्ट अप स्वास्थ्य सेवा और औषध जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े क्षेत्रों में अफ्रीका का भागीदार है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस अवसर पर कहा कि कृषि सूचना प्रौद्योगिकी विमान सेवा रक्षा उद्योग वाहन औषधि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के लिए व्यापारियों के लिए अपार संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की कई कंपनियों ने भारत में निवेश करने में रूचि दिखाई है उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय किया है हालांकि न्यायालय ने आरक्षण के अमल पर रोक नहीं लगाई है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैघता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवीचैनलों के लिए आउट रिच एण्ड कम्युनिकेशन ब्यूरो द्वारा तय विज्ञापन दर में संशोधन करने का निर्णय लिया है मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि संशोधन से अधिकतर टीवीचैनलों के मामले में दो हजार सत्रह की दर में लगभग ग्यारह प्रतिशत अधिक की वृद्वि होगी अधिक पहुंच और अच्छी रेटिंग वाले चौनलों को इससे भी अधिक फायदा होगा देश और प्रदेश में आज सत्तरवां गणतंत्र दिवस देश भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेंगे दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे इस अवसर पर इक्कीस तोपों की सलामी भी दी जायेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती वर्ष के अवसर पर झांकियां का मुख्य विषय गांधी रहेगा परेड में सोलह झांकिया निकाली जायेंगी गणतंत्र दिवस को देखते हुए बहुस्तरीय कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गये हैं प्रदेश में सत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में होगा इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक परेड की सलामी लेंगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों को संदेश देती हुई झांकियां निकाली जायेंगी राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ विघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बघाई दी है गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी किया गया है रेलवे स्टेशन मेट्रो रेल बस स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है प्रदेश की नेपाल से लगने वाली पांच सौ पचास किलोमीटर लम्बी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और यहां तैनात सशस्त्र सीमा बल को विशेष निर्देश दिये गये हैं सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख गायक भुपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया जायेगा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है निर्वाचन आयोग द्वारा इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस वर्ष के आम च्नावों में बहत से लोग पहली बार मतदाता बनेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि दृनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता होना बड़े गर्व की बात है आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की ये परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक है एक गणराज्य के रूप में भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे संविधान निर्मातायों की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है आम चुनाव हमारे लोकतंत्र के महायज्ञ होते है प्रदेश के अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ शुरू हुई हल्की से मध्यम वर्षा तथा ओलावृष्टि के साथ हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है वहीं कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा जल भराव और ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई जनपदों में वर्षा का क्रम अभी भी जारी है आकाशीय विजली गिरने से प्रदेश के विभिन्न भागों में आठ लोगों के मौत की खबर है इस वर्षा को कृषि विशेषज्ञों ने फसलों के लिये विशेषकर गेहूँ और चना की फसल के लिये लाभदायक बताया है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हुआ है प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में सुबह वर्षा के साथ ओलावृष्टि से तापमान काफी गिर गया जिससे सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रभावित हुए है